वहीं आज परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगीटिव आई है

उनका एक सड़क द्र्घटना के बाद इलाज चल रहा था

श्री मुखर्जी को इस महीने दस तारीख को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उनके दिमाग का ओप्रेशन किया गया था केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सप्ताह के अंतिम दिनों में बाज़ार बंद करने का सिलसिला खत्म हो गया है लेकिन भीड़भाड़ वाले बाजारों में औड ईवन फार्मूला तीन सितम्बर तक जारी रहेगा सुखना झील पर शनिवार व रविवार को पाबंदी जारी रहेगी चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि मार्किट एसोसिएशन और ग्राहकों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाये रखने जैसे नियमों की सख्ती से पालना करनी होगी उन्होंने कहा कि सुख्ना झील सपताह के अंतिम दिन आम लोगों के लिए बंद रहेगी लेकिन लोग योग और सैर करने के लिए विभिन्न पार्को में जा सकते है राष्ट्रपति राम नाथ कोविद ने पूर्व राष्ट्रपकित प्रणब म्खर्जी के निधन पर शोक जताया है श्री कोविद ने कहा कि उनके निधन से एक य्क का अंत हो गया है उन्होंने कहा कि भारत रतन श्री मुखर्जी परम्परा और आध्निकता का सुमेल थे उप राश्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने कहा देश ने वरिष्ठ क्टनीतिक खो दिया है विशिष्ट भूमिकाओं के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं पहचान को पूर्ण पारदर्शी बनाने प्रत्येक कर्मचारी को सीखने विकास करने और बेहतर सेवा के लिए उचित अवसर प्रदान करने के प्रयास के तहत हरियाणा काडर के सभी प्रशिक्षणाधीन आईएएस अधिकारी केन्द सरकार के ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल आई जी ओ टी में भागीदारी करेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम की घोषणा हाल ही में लाल बहाद्रर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी दवारा की गई है उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल को केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विकसित किया गया है यह प्रशिक्षण प्रक्रिया कर्मचारियों एवं नागरिकों के लिए सेवा को और संतोषजनक बनाएगी जोकि सरकार की नीतियों एवं सेवाओं के अंतिम प्राप्तकर्ता हैं

उन्होंने कहा कि तीन चार वर्ष त उसका रख रखाव करना भी स्निश्चित करें वन मंत्री ने आज पंचक्ला के वन भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते कहा कि मानसून सीजन के दौरान विभाग की ओर से इस वर्ष आई हये करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

पंचक्ला व यमुनानगर जिले के शिवालिक क्षेत्र मे और दक्षिण हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्सों में पौधारोपण के माध्यम से ही वन क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है उन्होंने कहा कि नदी नालों और सड़कों के किनारों पंचायती ज़मीन और गांव के जोहड़ व तालबों पर भी पौधारोपण करके वन क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है हरियाणा गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्रवण क्मार गर्ग ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है पंचकल्ा के रेड बिशप में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें पदभार ग्रहरण करवाया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर शामिल हये इस मौके पर हरियाणा में कोरोना काल में गलत तरीके से होम गार्र्ड की भर्ती किय जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर गृहमंत्री ने जो बयान दिया है वे उससे सहमत है और अगर कुछ गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए विपक्ष दवारा इसे घोटाला बताने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि छ साल मे उनकी सरकार में कांग्रेस कोई घोटाला साबित नहीं कर पाई है मीडिया से बातचीत में गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष को बधाई देते हये उन्होंने कहा कि आज गाय की नस्ल के सुधार की ओर ध्यान देने की जरूरत है श्री गर्ग ने इस मौके पर कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा है वे उसका प्री तरह निर्वहन करेंगे और बे सहारा गायो के लिए नीति तैयार करेंगे

ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है

विश्वविदयालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस मशीन का अविष्कार महाविदयालय के प्रसंस्करण एवं खादय अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर मुकेश गर्ग व छात्र दिनेश मलिक की अग्रवाई में किया गया था

इस मशीन का बीस साल की अवधि के लिए पेटेंट मिला है प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक फल को सुइयों द्वारा छेद किया जाता था जिसमें अधिक समय लगता था